सूची में एनी नागा ट्राईब्स की जगह नोकते तांगसा तूतसा और वांगचो लिखने और खामती की जगह ताई खामती व मिजू मिशमी की जगह मिशमि कमान मिशमि की जगह ईद्र और दिगारु मिशमि की स्थान पर तारोन जनजाती और साथ ही मेनबा के स्थान पर मोनपा मेमबा सरतांग और साजोलांग नाम अनुसूचित जनजाती सूची में शामिल करने की अपील की गई है इस विधेयक का अधियनियम बन जाने के बाद नव संशोधित सूची में शामिल समुदाय के सदस्यों को पोस्ट मेट्रिक स्कोलरशिप नेशन ओवर सिस स्कोलरशिप नेशनल फेलोशिप टॉप क्लास और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के वित्त एवं विकास निगम की ओर से शिक्षा रियायती ऋण और अनुसूचित बालक और बालिकाओं के छात्रावास इत्यादि जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे इसके अतिरिक्त सरकारी नीति के अनुसार वे नौकरी में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में दाखिला जैसी लाभ का भी हकदार होंगे ईस्ट सियांग जिले को सौ प्रतिशत विद्युतीकृत जिला घोषित किया गया है राज्य विद्युत विभाग ने जानकारी दी की शत प्रतिशत विद्युतीकरण प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के तहत हासिल किया गया है रिपोर्ट के मुताबिक पासिघाट ईलेक्ट्रिक डिविजन ने पिछले वर्ष के दिसंबर तक दो हजार छह सौ बास्ठ घरों को विद्युतीकृत कर दिया था विभाग ने कवार्ड गांवों में ट्रांसफॉरमार लगाने का कार्य एक हफ्ते के अंदर प्ररा करने का आश्वासन दिया वेस्ट सियांग जिले के आलो से कायिंग तक के अड़तीस किलोमीटर लंबे सिंगल लेन सड़क मार्ग को बोर्डर रोड संगठन ने डबल लेन सड़क मार्ग में अपग्रेड कर दिया है रिपोर्ट के मुताबिक बाकि बचे सात किलोमीटर सड़क का कार्य दो हजार उन्नीस के मध्य तक पूरा किया जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का प्नर्गठन कर इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने की मंजूरी दी है विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे इससे योजनाएं सुचारु रुप से लागू करने के लिए निर्णय लेने में आसानी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवला योजना के लाभान्वितों की संख्या छह करोड़ पार करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है श्री मोदी ने एक टवीट में लाभान्वितों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना लोगों के जीवन में बदलाव लाने का दायित्व निभाती रहेगी और गरीबों के कल्याण का माध्यम बनेगी उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विल्य की मंजूरी दे दी है इससे तीनो बैंको के बुनियादी ढांचे विभिन्न गतिविधियों तथा सेवाओं में तालमेल से विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी एक सुदृढ बैंक के निर्माण में मदद मिलेगी विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विलय योजना इस साल पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी

दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय अब मौजूदा साढ़े ग्यारह घंटे से कम होकर आठ घंटे का रह जाएगा रेलमंत्री पीयुष गोयल ने कल नई दिल्ली में बताया कि यह रेलगाड़ी कानपुर और इलाहाबाद स्टेशन पर रुकेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रमाकांत आचरेकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री रमाकांत आचरेकर गुरु परंपरा के प्रकाश स्तम्भ थे उन्होंने वर्षों तक क्रिकेट जगत की प्रतिभाओं को तराशा उनकी तराशी प्रतिभाओं ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आचरेकर का निधन खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे को सभी श्रेणी के यात्रियों के वास्ते वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश करने या बाहर जानेके लिए अधिकृत अव्रजन चौकी घोषित किया गया है अंडमान निकोबार प्रशासन के सूचना जन संपर्क और पर्यटन प्रभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दि केद्र सरकार के इस निर्णय से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड़डा सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और अव्रजन सुविधाओं के लिए खुल जाएगा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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया